नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा इसके निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से भाग लेंगे केंद्रीय क़षि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रूख स्पष्ट किया है कि न्युनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भूगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है उन्होंने डॉक्टरों को आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के साथ नियमित तौर पर बात करने की सलाह भी दी

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिले के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए

मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर आज तीसरे दिन भी रूक रूक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है बर्फबारी के कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और मनाली केलंग मार्ग भी वाहनों की आवजाही के लिए बंद हो गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना टीके को हिमाचल तैयार हिमाचल दस्तक की एक खबर है प्रदेश में वाहन पंजीकरण महंगा अधिसूचना जारी आदेश लागू इसी पत्र के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने से पहले गिरा फेडिज पुल सरकार ने विभाग से मांगी जांच रिपोर्ट कसौली के पूर्व विधायक रघुराज का निधन संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है निजी स्कूलों की फीस वसूली पर अमर उजाला की सुर्खी है उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय का घेराव छात्र अभिभावक मंच ने सरकार और विभाग पर निजी स्कूलों को लूट की छूट देने का लगाया आरोप

हिमाचल दस्तक की एक खबर है कैबिनेट में रखी जाएगी टीसीपी सब कमेटी की रिपोर्ट मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड

नमस्कार